एक अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल बाईस बैठकें होंगी सत्र की शुरूआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से हुई

राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में घर पहुंच बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने के लिए तीन हजार बीसी सखी सेवा शुरू करने का लक्ष्य है और एक हजार ने काम शुरू कर दिया है सर्वाधिक माओवाद प्रभावित आठ जिलों में एक वर्ष में बत्तीस नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं इस प्रकार बैंक शाखाओं और एटीएम को मिलाकर ऐसी सुविधा के आठ सौ उनहत्तर केंद्र बन गए राज्यपाल ने कहा कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार लगभग पंद्रह हजार स्थाई शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती कर रही है जिससे सात हजार से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं आदिवासी अंचलों की शालाओं को मिलेंगे वहीं सरकार ने बस्तर और सरगुजा संभाग के साथ कोरबा जिले में अनुसूचित जनजाति युवाओं की बहुलता को देखते हुए जिला संवर्ग के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में भर्ती की अवधि इकतीस दिसम्बर दो हजार इक्कीस तक बढ़ा दी है

जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को रेखांकित करने में सरकार सफल हुई है राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भूपेष बधेल तीन मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा का प्रसारण रात आठ बजकर बीस मिनट पर किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे हाईकोर्ट आरक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिखित परीक्षा परिणाम को यथावत् रखते हुए नए नियमों के अनुसार शारीरिक परीक्षा नब्बे दिनों के भीतर कराए जाने का आदेश दिया है इसमें यह भी कहा गया है कि जो अभ्यर्थी शारीरिक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करता है वहीं भर्ती के लिए पात्र होगा इस मामले में आज न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डबल बेंच में सुनवाई हुई गौरतलब है कि उनतीस दिसंबर दो हजार सत्रह को पुलिस विभाग में आरक्षक के दो हजार दो सौ उनचास पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था इसके तहत तीस सितंबर दो हजार अट्ठारह को लिखित और छब्बीस अप्रैल से बारह जून दो हजार अट्ठारह के बीच शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई थी इस परीक्षा में इकसठ हजार से अधिक अभ्यर्थी उत्तीण हुए थे बाद में पुलिस महानिदेशक ने सत्ताईस सितंबर दो हजार उन्नीस को इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था

आयुष्मान भारत कार्यशाला राजधानी रायपुर में आज आयुष्मान भारत योजना को लेकर मीडियाकर्मियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप निदेशक डॉक्टर सुरेन्द्र पामभोई ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीते करीब दो वर्षो के दौरान लगभग डेढ़ हजार उप स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो को उन्नत करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अगले दो सालों में इस संख्या को बढ़ाकर प्रदेश में छह हजार से भी अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने बताया कि प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले इसके लिए सामुदायिक और जिला चिकित्सालयों में हेल्थ एंड वेलनेस विन्डो बनाई जा रही है इससे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से आने वाले मरीजों को प्राथमिकता से इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा इसके साथ ही ऐसे केन्द्रों में स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सेवाओं को भी बढ़ाया जा रहा है गौरतलब है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चौदह अप्रैल दो हजार अट्ठारह को बीजापुर जिले के जांगला में देश के पहले हेल्थ और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया था

उन्होंने किसानों को समर्थन मूल्य और पच्चीस सौ रूपये के अंतर की राशि छह सौ पचयासी रूपये देने की भी बात कही मुख्यमंत्री ने कल रायपुर जिले के तुलसी बाराडेरा में तीन दिवसीय कृषि मेला का उद्घाटन किया इस दौरान श्री बघेल ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों को पिछले साल की तरह इस वर्ष भी प्रति क्विंटल पचपन रूपये का लाभ दिया जाएगा राष्ट्रीय कृषि मेला में किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और उन्नत तकनीकों की जानकारी दी जा रही है यहां प्रदर्शित शुगरकेन हार्वेस्टर ड्रोन के जरिये पानी और कीटनाशक का छिड़काव करने की तकनीक कम कीमत वाली मिनी राईस मिल के साथ ही कड़कनाथ नस्ल की मुर्गियों की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है

समापन कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी

मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल की आईसीयू यूनिट और एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने सीनियर सिटीजन कार्ड का विमोचन किया इससे वरिष्ठ नागरिकों को पचास प्रतिशत शुल्क पर सभी तरह के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को आज एक साल पूरा हो गया चौबीस फरवरी दो हजार उन्नीस को उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी शुरूआत की थी योजना के अंतर्गत दो हजार रूपये की तीन किश्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपये किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजे जाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली वर्षगांठ पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मोबाइल ऐप पीएम किसान का शुभारंभ किया बारिश फसल नुकसान प्रदेश के कुछ स्थानों में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से धान संग्रहण केन्द्रों में रखा धान भीग गया है वहीं रबी फसलों को भी नुकसान हआ है बेमेतरा जिले में बीती रात हुई बारिश से संग्रहण केन्द्रों में रखे धान के भीगने की खबर है वहीं सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के कुछ गांवों में कल दोपहर हुई बारिश और ओलावृष्टि से करीब पांच सौ एकड़ में लगी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आए बदलाव से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि पश्चिमी उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ की ऊपरी हवा में एक चक्रवात बना हुआ है इसके असर से अगले चौबीस घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है

इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई

इसके लिए आवेदन कल पच्चीस फरवरी तक आमंत्रित किए गए हैं

इसमें कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर खेत उर्वरक संवर्धन अभियान की जानकारी दी

उसके पास से पचयासी नग गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं